इसमें किसान वैज्ञानिक उद्यमी विद्यार्थी सरकारी अधिकारी तथा सांसद और विधायक शामिल होंगे जैव ईंधन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये संशोधित विधेयक कानून का रूप ले लेगा विधेयक के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान है इसमें आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिये प्रारम्भिक जांच और गिरफ्तारी के लिये पहले से मंजूरी जरूरी नहीं होगी एससीएसटी वर्ग के लोगों पर अत्याचार मामलों में जल्द सुनवाई के लिये विशेष अदालत बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है तीन तलाक प्रथा से जुडा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जायेगा ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है मुस्लिमों में तीन तलाक प्रथा को गैर कानूनी बनाने के लिये तैयार इस विधेयक में कल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कुछ संशोधन किये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से प्रदेश के लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे है जोधपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस योजना के तहत ऋण लेकर हर वर्ग के लोग अपना उद्यम स्थापित कर पा रहे है

उच्च न्यायालय ने पंजाब से होकर राजस्थान आने वाली नहरों में पंजाब के शहरों की फैक्ट्रियों का गंदा पानी प्रवाहित किए जाने के मामले में राज्य प्रदूषण मण्डल से चार सप्ताह में जवाब मांगा है जस्टिस निर्मलजीत कौर और वीरेन्द्र माथुर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिये